न् जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुण्डा ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वे राज्यों में प्रधानमंत्री वन धन योजना अच्छी तरह लागू करें

इस अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ गृहमंत्री अमित षाह और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहें प्रधानमंत्री ने सांसदों के साथ कोरोना की स्थिति पर चर्चा की और उनके सुझाव मांगे वहीं कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से टेलीफोन पर बात की इन नेताओं ने अपने अपने देशों में उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में श्री मोदी ने दोनों देशों के शोधार्थियों और वैज्ञानिकों के बीच सहयोग तथा आंकड़ों के आदान प्रदान की संभावनाओं पर भी सहमति व्यक्त की राजधानी रांची समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों में देषव्यापी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है राज्य में अब तक कोरोना के चार मामले सामने आए हैं राजधानी रांची से दो हजारीबाग और बोकारो से एक एक मरीज संक्रमित मिले हैं जिनका आइसोलेषन वार्ड में इलाज कराया जा रहा है

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन आज झारखण्ड मंत्रालय में प्रमुख चिकित्सकों और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे जिसमें कोरोना संक्रमण को लेकर चिकित्सा संसाधनों की कमी पर समीक्षा की जाएगी उधर मुख्यमंत्री ने कहा है कि देषव्यापी लॉकडाउन खुलने के बाद राज्य के सामने बड़ी चुनौती आएगी दूसरे राज्यों में फंसे लोग झारखण्ड लौटेंगे और इनके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था करना कठिन हो जाएगा

इसके अनुसार एक संदेश एक बार में केवल एक व्यक्ति को ही फॉरवर्ड किया जा सकेगा इसका उद्देश्य उकसाने वाले उन संदेशों के प्रसार पर रोक लगाना है जो बेबुनियाद हो सकते हैं

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कहा है कि उसे राज्य सरकारों द्वारा सुविधानुसार नमूना संग्रह केंद्र बनाने पर कोई आपत्ति नहीं है परन्त परिषद ने कहा कि नमूना संग्रह केंद्र बनाते समय दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और नमूना लेने का काम व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के इस्तेमाल के साथ होना चाहिए आईसीएमआर ने परामर्श जारी करते हुए कहा कि ये नमूना संग्रह केंद्र नियमित रूप से विषाणुमक्त किए जाने चाहिए और सभी संबंधित राज्य सरकारों को इनमें सुरक्षा के पर्याप्त उपाय करने चाहिए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

इसके लिए श्री मुण्डा ने झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन और उतर प्रदेष मध्यप्रदेष छतीसगढ़ सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है अर्जुन मुण्डा ने कहा है कि देष कोरोना महामारी की चपेट में है ऐसे में आदिवासियों के जीवन यापन के लिए उन्हें वन धन योजना का लाभ पहंचाना हमारी जिम्मेदारी है गहमंत्री अमित शाह ने स्थानीय प्रशासन से जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई करने को कहा है गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा र्कि मंत्रालय ने आवश्यक वस्तुओं की स्थिति और लॉकडाउन उपायों की विस्तृत समीक्षा की है आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की मौजूदा स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक है भारतीय लघ् उद्योग विकास बैंक सिडबी ने कहा है कि वह लघ् और मध्यम उद्यमों को सरकारी आदेश पर एक करोड़ रूपए तक की आपात कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराएगा कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ सिडबी की आपात सहायता अड़तालीस घंटे के अंदर जारी कर दी जाएगी राज्य के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने मेडिकल ऑफिसर के तीन सौ अस्सी पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन शुरू किये हैं जेपीएससी की वेबसाइट पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है जारी विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए लिंक कल से ओपन हो जायेंगे एप्लीकेशन के लिए योग्य और इच्छक उम्मीदवारों को एक माहीने का समय दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन नौ अप्रैल से आठ मई तक किया जा सकेगा वहीं एप्लीकेशन फीस ग्यारह मई तक जमा होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन जेपीएससी की वेबसाइट में जाकर करना होगा

भारतीय रेल ने ढाई हजार बोगियों को विशेष निगरानी स्थलों में परिवर्तित कर दिया है रेलवे ने आपात स्थिति के लिए चालीस हजार बिस्तर तैयार किये हैं प्रतिदिन लगभग तीन सौ पचहतर बोगियों को विशेष निगरानी वाले कोच में बदला जा रहा है केन्द्रीय खाद्य आपूर्ति विभाग ने लॉकडाउन के मददेनजर चलाए जा रहे देष भर के राहत षिविरों में खाद्यान्न उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी है केन्द्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने ट्विटर के जरिये इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि देष भर में चल रहे राहत षिविरों के लिए सामाजिक संस्थाएं एक से दस मीट्रिक टन चावल और गेहूं अपने नजदीकी एफसीआई डीपो से ओपन मार्केट से सीधे खरीद सकते हैं इससे पहले केन्द्र सरकार ने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिये पर्याप्त अनाज उपलब्ध कराया है श्री पासवान ने सभी राज्यों से आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत तीन महीने तक सभी पीडीएस लाभुकों को मुफ्त पांच किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज का वितरण सुनिष्वित करें इस मद में अनाज का आवंटन राज्यों को हो चुका है जिसका संपूर्ण भार केंद्र सरकार वहन कर रही है श्री पासवान ने स्पष्ट किया है कि अंत्योदय राषनकार्ड धारक परिवारों को प्रतिमाह पैंतीस किलो अनाज मिलता है उन्हें भी इसके अतिरिक्त पांच किलो प्रति व्यक्ति प्रतिमाह मृफ्त अनाज अगले तीन महीने तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिया जायेगा

केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लोगों से अपील की कि वे आज शबे बारात के अवसर पर लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का कड़ाई और ईमानदारी से पालन करें

उधर रांची के काजी जान मोहम्मद रिजवी ने लोगों से विषेषकर मुसलिम समाज के लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है

कोरोना को लेकर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मंदिरों और घरों में सादगी से पूजा की जा रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी देषवासियों को हनुमान जयन्ती की षुभकामनाएं दी हैं श्री मोदी ने हनुमान जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने भी हनुमान जयन्ती पर राज्यवासियों को बधाई दी है और कहा है कि वे लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में ही पूजा करें

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सी एस आई आर के विशिष्टि वैज्ञानिक डॉक्टनर मोहन राव परिचर्चा में शामिल होंगे

यह हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और यू ट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा न्यूज ऑन एआईआर ऐप से भी जानकारी ली जा सकती है